राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर प्रदेश में लगतार बढ़ रही है कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के लिए कृषि मछली पालन और पशुपालन से सम्बधित दो सौ चौरानवे करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है श्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अपने सम्बोधन में कहा कि इन सुविधाओं से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र का तेजी से विकास होगा

इससे भी हमारे मछुआरे साथियाँको मछली के पालन और व्यापार से जुरे साथियों को सुविपा सो रही है लक्ष्य यह ची रैकि आने वाले टीन चार साल में मछती निर्यात को दोगुनाकिया जाए इससे सिर्सफिरारिश सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अक्सर पैदा होंगे प्रधानमंत्री ने पशुपालन क्षेत्र के लिए ई गोपाला ऐप का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि यह एप एक डिजिटल माध्यम है जिससे मवेशी मालिक अच्छी नस्ल के मवेशियों का चुनाव कर सकेंगे इस ऐप से उन्हेंमवेशियों के स्वास्थ्य और चारा से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त होंगीं

ये ऐप प्यूपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आसार से जुड़ी तमाम जानवास्वादेगा हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पसु को कब क्या जरूरत है और अगर दोबीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहां उपलब्ध है यही नहीं येऐप प्रगु आयार से भी जोझ जा रहा है इससे प्रगुपालकों को जानवर खरीदने बेवने में भी उतनी ही आसानी शेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के उत्पादों को बढ़ाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जायेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत मिलेगी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में मधेपुरा के मछली उत्पादक ज्योति मंडल ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं के कारण उनकी आमदनी में पांच से दस गुणा तक बढ़ोतरी हुई है

प्रधानमंत्री पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के महत्वपूर्ण भाग दुर्गापुर से बांका तक एक सौ तिरानवे किलोमीटर लंबी पाइपलाईन का उद्घाटन करेंगे इसका निर्माण छह सौ चौंतीस करोड़ रूपये की लागत से किया गया है इसके अलावा श्री मोदी एक सौ इकतीस करोड़ रूपये की लागत से बांका और एक सौ छत्तीस करोड़ रूपये की लागत से पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर में तेजी से सुधार हो रहा है यह दर नवासी दशमलव दो नौ प्रतिशत तक पहंच गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार चार सौ अस्सी रोगी स्वस्थ हुए हैं राज्य में अब एक लाख सैंतीस हजार दो सौ इकहत्तर लोग ठीक हुए हैं इस समय पन्द्रह हजार छह सौ अठहत्तर रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे के दौरान सबसे अधिक दो सौ दो संक्रमण के मामले पटना जिले में मिले हैं रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर में छियानवे पूर्णिया में बानवे कटिहार में अस्सी मुजफ्फरपुर में बहत्तर अररिया में सड़सठ मधुबनी में तिरसठ पश्चिम चंपारण में बासठ गोपालगंज में बावन नालंदा में सैंतालीस रोहतास में छियालीस दरभंगा में पैंतालीस समेत अन्य जिलों में भी संक्रमित मिले हैं वहीं पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आए दस लोगों की मौत हो जाने से प्रदेश में मृतकों की संख्या सात सौ पचासी हो गई है इस बीच भागलपुर मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आर टी पी सी आर जांच बढाने के प्रयास किये जा रहे हैं अनलॉक चार के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण पुलिस ने पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच सौ एकतालीस वाहनों को जब्त किया है इनसे लगभग चौदह लाख बयासी हजार की राशि जुर्माने के तौर पर वसूल की गयी है अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों से दो लाख पैंतीस हजार रूपये से अधिक की राशि जूर्माने के रूप में वसूल की गयी है बिहार विधान सभा चूनाव में संविदा कर्मियों को भी पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जायेगा अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोपाल मीणा ने बताया कि राज्य में चौंतीस हजार मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ गयी है जिसके कारण संविदा कर्मियों को सेक्टर पदाधिकारी और गश्त सह संग्रहण दल के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया गया है इसकी अनुमति निर्वाचन आयोग ने भी दे दी है बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ रही है विभिन्न दलों के नेता वर्चअल रैलियों के माध्यम से मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं वहीं भाजपा कांग्रेस और अन्य दलों के शीर्ष नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है

श्री नड़डा अपने दो दिवसीय बिहार दौरे के दौरान मुजफ्फरपुर और दरभंगा जायेंगे वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद अमृता धवन समेत अन्य नेताओं ने अररिया और किशनगंज विधानसभा क्षेत्रों में वर्चूअल सम्मेलन किया पूर्व मध्य रेल ने तेरह सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कल पटना से झाझा जंक्शन के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कृमार ने बताया कि बारह सितंबर को हावड़ा जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन परीक्षार्थियों के लिए पटना और झाझा के बीच किया जायेगा श्री कुमार ने बताया कि आज पटना हावड़ा पटना जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी जबकि कल आंशिक रूप से झाझा और हावड़ा के बीच इसका परिचालन रद्द रहेगा उन्होंने बताया कि इसका अलावा पटना रांची जनशताब्दी ट्रेन को अगले आदेश तक रद्द करने का फैसला लिया प्रदेश से दूसरे राज्यों में जाने वाले सरकारी बसों में कोरोना किट का वितरण किया जायेगा इसके लिए यात्रियों को टिकट लेने के समय ही बीस रूपये अतिरिक्त देने होंगे परिवहन विभाग के अनुसार इस किट में यात्रियों को एक पतली चादर सेनेटाइजर मास्क हैंडवॉश और दस्ताना मिलेंगे वहीं बिहार से दिल्ली जाने वाले बसों को हर घंटे सेनेटाइज किया जायेगा साथ ही यात्रियों के स्वास्थ्य की लगातार जांच की जायेगी अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री में कोरोना के लक्षण मिले तो उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया जायेगा नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल उड़ान योजना के अंतर्गत बनाये जा रहे दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे इस एयरपोर्ट पर चौदह सौ वर्ग मीटर में टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है जबकि रनवे का निर्माण किया जा रहा है गांधीवादी दर्शन पर हमारी श्रृंखला में हम आपके लिए एक रिपोर्ट लाए हैं कि किस तरह से गांधीजी ने महिलाओं को स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने के आहवान से उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया और उनके द्रष्टिकोण को बदल दिया

महात्मा गांधी का दिया अहिंसा के मंत्र को महिलाओं ने बखवी निमाया महात्मा गांधीने महिलाओं को आजादी के आंदोलन से जोड़ा और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सुनिरिवतकी अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली राज्य के चार नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है कोसी बलतारा में लाल निशान से एक सौ ग्यारह सेंटीमीटर बागमती सीतामढ़ी में पचहत्तर सेंटीमीटर और मुजफ्फरपुर में बत्तीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं गंगा का जलस्तर राज्य के कई स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे है जिससे नदी के तटीय क्षेत्र में बसे लोगों ने राहत की सांस ली है बिहार लोक सेवा आयोग ने इकतीसवीं बिहार न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है यह परीक्षा सात अक्टूबर को आयोजित होगी आयोग के अनुसार दो सौ इक्कीस पदों के लिए इकतीस हजार परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की वर्ष दो हजार बाईस में होने वाली वार्षिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है बोर्ड के अनुसार अठाईस सितम्बर तक बोर्ड के वेबसाईट पर फार्म अपलोड रहेगा मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन के लिए नियमित छात्रों को दो सौ बीस रूपये और स्वतंत्र छात्रों को तीन सौ बीस रूपये शुल्क के रूप में जमा करना होगा वहीं इंटरमीडिएट सत्र दो हजार बीस बाईस में नामांकन करने वाले छात्र अठाईस सितम्बर तक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इन छात्रों को तीन सौ सत्तर रूपये शुल्क के रूप में जमा करना होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रदेश के पांच स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है बोर्ड के अनुसार आरा के आर के आर प्लस टू पब्लिक स्कूल बक्सर के अमरनाथ मिश्र विद्यालय और बीडी सीनियर सकेंडरी स्कूल ईटाढ़ी जहानाबाद के रंजीता इंटर कॉलेज और एस एन वी माध्यमिक स्कूल की मान्यता रद्द की गयी है बोर्ड ने कहा है कि इन विद्यालयों से मैट्रिक के लिए परीक्षा फार्म भरे छात्रों को दूसरे स्कूलों से जोड़ दिया गया है पटना जिले में नियोजन इकाई से एक सौ छप्पन शिक्षकों के नियोजन फोल्डर गायब होने के कारण उनका वेतन इस महीने से रोक दिया गया है पटना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने अवैध शराब के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं राजीव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो किलो चांदी के गहनों के साथ तीन अपराधियों को पकड़ा है खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार अपराधियों के पास से तीन देशी पिस्तौल कुछ कारतूस दो मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल बरामद की गयी है सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से एक लाख चौबीस हजार रुपये लूट लिये सीवान जिले के कसिला पंचबेनिया पंचायत के उप मुखिया को पुलिस ने एक हैंडग्रेनेड और विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने बिहार में दो सौ चौरानवे करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को सुर्खी दी है बिहार अपने ही उत्पादों से आत्मनिर्भर बनेगा दैनिक जागरण ने राज्यसभा मे उप सभापति के चुनाव पर लिखा है हरिवंश के खिलाफ विपक्ष ने राजद सांसद मनोज झा को उतारा दैनिक भास्कर ने पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों के हड़ताल पर शीर्षक दिया है निगम कर्मियों के हड़ताल से ठप पड़ी कचरा गाड़ियां सफाई का पहिया लॉक प्रभात खबर ने राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने पर सुर्खी दी है राजद से रघुवंश का इस्तीफा आज अखबार ने वायु सेना के बेड़े में शामिल हुआ राफेल को बड़ी खबर बनाया है

राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर प्रदेश में लगतार बढ़ रही है कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर